इसके जरिये दुष्कर्म के दोषियों को कम से कम दस साल और बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान है श्री मोदी आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा कर रहे थे उन्होंने मध्यप्रदेश में दुष्कर्म के कई मामलों में बहुत कम समय में आये फैसलों का भी जिक किया प्रधानमंत्री ने संसद के मानसून सत्र को उत्पादकता के लिहाज से उल्लेखनीय बताया श्री मोदी ने कहा कि पिछले दिनों कुछ जगह पर जरूरत से ज्यादा बारिश हुई उसमें केरल राज्य में बारिश और बाढ़ से जान माल का नुकसान हुआ कई परिवारों ने अपनों को खोया है उन्होंने कहा कि मैं पीड़ितों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ खडा है अपने अदम्य साहस के बल पर केरल फिर उठ खड़ा होगा श्री मोदी ने सशस्त्र बलों और एनडीआरएफ के जवानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि संकट के क्षणों में अपनी अहम भूमिका उन्होंने निभायी है प्रधानमंत्री ने जकार्ता में चल रहे एशियन गेम्स में देश के लिये मैडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बघाई देते हुए कहा कि शूटिंग में तो हम पहले ही आगे थे लेकिन बुशू और रोइंग जैसे खेलों में भी पदक आ रहे है इनमें बेटियों के साथ छोटे शहरों के युवा भी शामिल है श्री मोदी ने आगे कहा कि लोकसभा और विघानसभा चुनाव साथ कराने को लेकर भी चर्चा आगे बढ़ रही है

समाधान शिविर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में पांच से सात सिंतबर तक समाधान शिविर लगाये जायेगे शिविरों में प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अध्ययनरत और पास होकर निकल चुके विद्यार्थियों की शिकायतों का निराकरण किया जायेगा विद्यार्थी समय पर परीक्षा परिणाम न मिलने मूल अंकसूची अंकसूची में सुधार आदि शिकायतों का समाधान कर सकेंगे

रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व आज प्रदेश भर में प्रेम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है आज के दिन बहनें अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुखमय जीवन की कामना करती है राजधानी भोपाल सहित अन्य क्षेत्रों में भी रक्षा बंधन के मौके पर बाजारों में सुबह से ही रौनक देखी जा रही है रेशमी धागों से बनी राखियों के अलावा जरी और फेन्सी राखियों की भी खरीदी की जा रही है वहीं मिठाइयों की भी दुकाने आकर्षक ढंग से सजायी गयी है इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदी बेन पटेल सहित सभी प्रमुख नेताओं ने प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी है

इस मौके पर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने श्री चौहान को राखी बांधी

सतना में केन्द्रीय जेल में कैदी भाईयों को उनकी बहनों ने राखियां बांधी भिंड में इस मौके पर भुजरिया मेला शुरू हो गया है जो पड़वा तक चलेगा पड़वा पर भुजरिया विसर्जन किया जायेगा वहीं आगरमालवा बड़वानी सहित अन्य जिलों से रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास से मनाये जाने के समाचार मिल रहे है

इन राखियों में तुलसी और गेंदे के बीज इस्तेमाल किये जाते है जिन्हें बाद में बोया जा सकता है इन राखियों का जीवन रक्षाबंधन पर्व के बाद खत्म नहीं होगा बल्कि इन्हें पौधों के रूप में नया जीवन मिलेगा राज्य के ही इन्दिरा स्वयं सहायता सेवा समूह ने भी पर्यावरण अनुकूल राखियां तैयार की है इस समूह से जुडी भील आदिवासी महिलाओं ने बीड्स से राखियां बनायी है